भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जे पी नड्डा ने आज चंडीगढ़ में अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ म्हारा सपनों का हरियाणा के नाम से पार्टी का घोषणा जारी किया कांग्रेस पार्टी ने भाजपा के चूनाव संकल्प पत्र को उनके घोषणा पत्र की नकल बताते कहा कि गत पांच वर्षो में राज्य सरकार ने अपने वायदे पूरे नहीं किये

भारतीय जनता पार्टी ने आज चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा च्नाव के लिए च्नावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है

घोषणा पत्र कमेटी के सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने पत्रकारें को बताया कि ये घोषणा पत्र समाज के सभी वर्गो के परामर्श से तैयार किया गया है उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर लोगों दवारा दी गई फीडबैड को भी इस घोषणा पत्र का मसौदा तैयार करने के लिए इकट्ठा किया गया था हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस घोषणा को संकल्प सूत्र का नाम देते हये ख्शी जाहिर की और कहा कि ये घोषणा पत्र हरियाणा को राम राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्व है और महर्षि बाल्मीकी जयंती के मौके पर इसे जारी किया गया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जे पी नड़डा ने संकल्प पत्र के बारे में बोलते हये कहा कि बीजेपी का संकल्प पत्र व्यावहारिक है और काफी मेहनत से तैयार किया गया है उन्होंने कहा कि हरियाणा ने पिछले पांच वर्षो में राज्य की राजनीतिक संस्कृति बदल दी है और श्रष्टाचार व भाई भतीजाबाद की संस्कृति का भी खात्मा कर दिया है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में देश की सेनाओं को राफेल बप्रिया किस्म की बुलेट प्रफ जैकेट तेजस व अन्य नये अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित किया जा रहा है जबकि पूर्व सरकारों ने सेना को इन चीजों से वंचित रखा श्री नड़डा ने कहा कि इसका हरियाणा से सम्बध है क्योकि हरियाणा के हर घर से एक व्यक्ति सेना में है उन्होंने घोषणा पत्र में क्छ बातो पर प्रकाश डालते हये कहा कि पिछले पांच वर्षो में यूरिया को लेकर कोई झगड़ा नहीं हआ उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब शिक्षा संस्थानों की गिनती के बाद शिक्षा की गृणवता पर ध्यान दिया जायेगा भारतीय जनता पार्टी ने आज जारी किए गये अपने संकल्प पत्र में फसल की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर स्निश्चित करने मृदा प्रशिक्षण के लिए पांच गांव पर एक माईक्रो लैब स्थापित करने गन्ना मिलों की क्षमता दोग्णी करने य्वा विकास एवं स्वं रोज़गार नामक नए मंत्रालय का गठन करने सहित कई वायदे किये है घोषणा पत्र में किए गये वायदे बजट की दृष्टि से व्यवाहरिक है संकल्प पत्र में हरियाणा स्टार्ट अप मिशन श्रू करने चार उद्यमता केन्द्र बनाने सभी नौकरियों के लिए कॉमन पात्रता परीक्षा लेना उच्च व्यावहारिक शिक्षा के लिए बिना गारंटी से ऋण उपलब्ध करवाने का वायदा भी किया है

घोषणा पत्र में कहा गया है कि किसानों को तीन लाख रूपये तक के ब्याज मुक्त फसली ऋण दिये जायेंगे और किसानों द्वारा गौर मूत्र व गोबर बेचने के लिए संग्रह केन्द्र स्थापित किये जायेंगे घोषणा पत्र में पूरे राज्य में आउट सोर्सिंग नौकरियों में डी सी दर को सख्ती से लागू करने और नौकरी के लिए आवेदन के समय लगने वाली फीस को वन टाईम फीस रखने और ये फीस एक नौकरी पानेतक मान्य रखने हरियाणा लोकसेवा आयोग की परीक्षा की फीस एक हजार रूपये तथा एस एस सी परीक्षा की फीस पांच सौ रूपये निर्धारित करने और पांच एकड़ तक की भूमि वाले अथवा एक लाख अस्सी हजार की सलाना आय वाले परिवारों के बच्चों को मुफत कोचिंग की सुविधा देने का वायदा भी किया है घोषणा पत्र में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए भी कुछ वायदे किए गये है जिनमें प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन पेंश्न योजना का शत प्रतिशत क्रियान्वन सुनिश्चित करना आधार लिंग स्मार्ट कार्ड प्रदान करना और समयब प्रत्यक्ष लाभ अंतरण अनिवार्य करना शामिल है निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण के लिए मनरेगा में पंजीकरण की शर्त हटाने और नम्बरदार दवारा मिस्त्रियों के सत्यापन की व्यवस्था करने का वायदा किया गया है

पार्टी ने घोषणा पत्र में दो हजार नए वेलनेंस सेंटरर्स बनाने तीस वर्ष की आय् में प्रदेश वासियों के गंभीर बीमारियों के लिए जांच करवाने अनुसूचित वर्ग के युवाओं को अपना कारोबार शुरू करने के लिए बिना गारंटी तीन लाख रूपये की ऋण देने पूलिस विभाग में महिला कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने सरकारी सस्थानों में के जी से पीजी तक एक लाख अस्सी हजार से कम आय और पांच एकड़ से कम भूमि वाले परिवारों की दो बेटियों को मुफत शिक्षा प्रदान करने सहित समाज के हर वर्ग के हित वायदे कियेहै इसके अलावा मूलभूत संरचना के विकास पर्यावरण सुरक्षा जल व बिजली की उपलब्धता को लेकर भारतीय जनता ने कई घोषणायें की है हरियाणा विधानसभा चुनाव में हर पार्टी के स्टार प्रचारक अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान के लिए प्रदेशभर में कार्यक्रम आयोजित कर रहे है इसी कड़ी में आज पंचकूला में नागरिक समरोह आयोजित किया गया इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा पहंचे

इस अवसर पर प्रबृदव नागरिकों के समक्ष अपनी बात रखते हये श्री नड़डा ने कहा कि वो किसी से प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने के पूर्व उन्हें सरकार दवारा किये गये कार्यो से अवगत कराये इससे उनका सरकार में विश्वास बढ़ेगा और वो अपने आप वोट करेंगे

इससे पूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने कहा कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हवा है द्रसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने भाजपा के चुनाव संकल्प पत्र को उनके घोषणा पत्र का अन्करण बताया है

उन्होंने कहा कि हरियाणा का मतदाता हिसाब मांग रहा है जवाब मांग रहा है

एक देश में दो विधान अब नहीं चलेगा उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया है

हरियाणा पंजाब और चंडीगढ़ में महर्षि वाल्मीकी जयंती आज पूरी श्रद्वा और हषोल्लास से मनाई जा रही है प्रदेश में सभी वाल्मीकी मंदिरों को फूलों और रंगदार रौशनी से सजाया गया है